प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में आई कमी बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के नए दिशा निर्देश जारी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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस कार्यक्रम का कियान्वयन केन्द्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा श्री जावडेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम राजस्थान संहित छह राज्यों में लागू होगा

जिसमें चुनिंदा राज्यों में हस्तक्षेप के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापक गतिविधियों में सुधार लाया जाएगा संपूर्ण आधारभूत शिक्षण को सशक्त बनाने के लिए शिक्षण आंकलन प्रणालियों में भी सुधार किया जाएगा स्कूलों से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाकर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा

राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जायेगी

इसके अलावा श्री गहलोत ने क्रमोन्नत सरकारी स्कूलों में लगभग ढाई हजार अस्थाई पदों के सुजन को भी मंजूरी दी है

कल पहले दिन जयपूर नगर निगम में दो प्रत्याशियों ने तीन पर्चे दाखिल किए नगर निगम कोटा और जोधपुर उत्तर और दक्षिण के लिए पहले दिन एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया

मिसाइल मैन और पिपुल्स प्रेसीडेंट के नाम से मशहूर डॉ कलाम को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में नमन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर भारत रत्न प्राप्त डॉ कलाम को नमन करते हुए कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा श्रद्वांजलि के रूप में फिल्म प्रभाग की ओर से वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर एक वृत्तचित्र प्रसारित किया जाएगा

इसी के तहत आकाशवाणी से बातचीत में प्रख्यात कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने लोगों से इस रोग से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है

इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे